प्रदेश में बसों का बढ़ा हुआ किराया लागू दृष्टिहीन मंद बुद्धि निःशक्त वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी पीड़ित मरीज को किराया से मिलेगी छूट प्रदेश के पहले और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव का उनके गृह नगर बैकुंठपुर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा की चेतावनी प्रधानमंत्री किसान रैली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तरप्रदेश कें शाहजहांपुर में किसान रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र ने गन्ना किसानों की भलाई के लिए हाल ही में कई निर्णय लिए हैं

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गन्ने की बकाया राशि जल्द से जल्द दिलाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने चौदह फसलों के सरकारी खरीद मूल्य में दो सौ रुपए से अट्ठारह सौ रुपए प्रति क्विटल तक की रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी की है बस किराया प्रदेश में बसों का बढ़ा हुआ किराया लागू हो गया है अब बसों में सफर करने वालों को अट्ठारह फीसदी अधिक किराया देना पड़ेगा राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है परिवहन विभाग ने राज्य और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को बसो के किराया निर्धारण के संबंध में नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं इसके मुताबिक सभी श्रेणी की बसों में श्रू के पांच किलोमीटर तक के लिए किराया प्रति किलोमीटर छह रूपये रहेगा इसके बाद अलग अलग श्रेणी की बसों के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग किराया तय किया गया है प्रदेश के दृष्टिहीन मानसिक रूप से मंद बुद्धि दोनों पैरों से चलने में असमर्थ निःशक्त व्यक्ति अस्सी वर्ष या उसके अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी एड्स पीड़ित मरीज को एक परिचारक सहित बस किराया से छूट दी गई है पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी किया गया माओवाद प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने पर राज्य के भीतर बस में पचास प्रतिशत किराया से छूट दी जाएगी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में बीते सत्ताईस जून को कैबिनेट की बैठक में बसों के किराये में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया था राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी पच्चीस और छब्बीस जुलाई को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं इस दौरान वे बस्तर और दंतेवाड़ा जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर आज रायपुर में बैठक ली प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति पच्चीस जुलाई को विमान द्वारा जगदलपुर पहचेंगे और वहां से दंतेवाड़ा जिले के जावंगा गांव जाएंगे श्री कोविंद दंतेवाड़ा के युवा बीपीओ सेंटर का उद्घाटन सहित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति छब्बीस जुलाई को जगदलपुर में स्थित स्वर्गीय बलीराम कष्यप स्मृति शासकीय मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकॉर्पण करेंगे रामचंद्र सिंहदेव अंतिम संस्कार प्रदेश के पहले और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव का आज उनके गृह नगर बैकुंठपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इसके पहले उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए बैकंठप्र शहर में घुमाया गया इसके बाद उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई उनकी भतीजी अंबिका सिंहदेव ने उन्हें मुखाग्नि दी अंतिम संस्कार कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीएससिंहदेव गृहमंत्री रामसेवक पैकरा श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े संसदीय सचिव चंपादेवी पावले और मनेन्द्रगढ़ विधायक श्यामबिहारी जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए गौरतलब है कि डॉक्टर सिंहदेव का बीते उन्नीस जुलाई की रात राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था कोरिया के पूर्व राजघराने के डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव अविभाजित मध्यप्रदेश में उन्नीस सौ अडसठ में विधनसभा चुनाव जीतकर मंत्री रह चुके हैं इसके बाद श्री सिंहदेव ने लगातार छह बार चुनाव जीता और राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री बने सुप्रीम कोर्ट श्रम उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को देश के भवन और निर्माण श्रमिकों के कल्याण से संबंधित योजना तय करने के लिए तीस सितंबर तक का समय दिया है न्यायालय ने सरकार से स्पष्ट किया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा केन्द्र की ओर से पेश अधिवक्ता ने सरकार के उस हलफनामे का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर योजना का मसौदा जारी कर दिया गया है और सभी राज्यों से दस अगस्त तक सुझाव देने को कहा गया है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिटठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायप्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा

इस बार के अंक में कबीरधाम जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी ग्रामोद्योग नीति ग्रामोद्योग के सभी घटकों के अंतर्गत राज्य में हितग्राहियों के समग्र विकास के लिए पंचवर्षीय ग्रामोद्योग नीति तैयार की गई है इसके तहत ग्रामोद्योग के विभिन्न सेक्टरों में अलग अलग व्यवसायों के माध्यम से लगभग सात लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है ग्रामोद्योग मंत्री पुन्नूलाल मोहले की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई बैठक में श्री मोहले ने रेशम विकास हस्तशिल्प माटीकला बोर्ड और ग्रामोद्योग बोर्ड के काम काज की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामोद्योग नीति के अनुरूप रोजगार के अवसरों का सुजन करते हुए इसका लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों को दिलाया जाए बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ग्रामोद्योग से सम्बद्व हथकरघा रेशम हस्तशिल्प माटीकला और ग्रामोद्योग बोर्ड की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत राज्य के लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है आयुष्मान वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में साढ़े छह सौ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आगामी पंद्रह अगस्त तक शुरू किए जाएंगे इन केंद्रों में गरीब परिवार के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए छत्तीस प्रकार की दवाइयां तथा दस प्रकार के आवश्यक कीट शुरूआत में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं अधिकारियो ने बताया कि वर्तमान में वेलनेस सेंटर में बारह प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं विशेषज्ञ चिकित्सक वरिष्ठ और सहायक चिकित्सा अधिकारी तथा स्टॉफ नर्स सहित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है स्टॉफ नर्सों को वीआईए स्क्रीनिंग ऑफ सरवायकल कैंसर का दो सप्ताह का प्रशिक्षण रायपुर के एम्स में आगामी तेईस जुलाई से पांच अगस्त तक दिया जाएगा पहले चरण में कोरबा बस्तर राजनांदगांव महासमुंद कोण्डागांव कांकेर और बीजापुर के दो दो मॉडल सेंटर के स्टॉफ नर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने बीजापुर जिले के जांगला में राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत बीते चौदह अप्रैल को की थी योजना के तहत राज्य में पंद्रह अगस्त के पहले आठ सौ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना का लक्ष्य है

राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है राजस्व विभाग के आदेश के मुताबिक ग्राम पटेलों को वर्तमान में प्रति वर्ष की दर से दिया जा रहा पारिश्रमिक एक हजार रूपये में सौ प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दो हजार रूपये प्रति वर्ष किया गया है यह वृद्धि एक जुलाई दो हजार अट्ठारह से लागू होगी मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के क्छ स्थानों पर भारी बारिश और एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित हो गया है इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है इसके प्रभाव से आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के समाचार मिले हैं बस्तर में कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है इसके चलते बस्तर के अंदरूनी इलाकों के कुछ गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं संक्षिप्त समाचार कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के आसुलखार के पास दो वाहनों के बीच हुई भिडंत में दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई

संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर बेस्ड कम्बाईन्ड मेडिकल सर्विस परीक्षा कल बाईस जुलाई को दो पालियों में होगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में एआईटीटी सेमेस्टर परीक्षा आगामी चौबीस जुलाई से सोलह अगस्त तक आयोजित की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय और सदस्य खिलेश्वरी किरण द्वारा रायपुर जिले से प्राप्त आवेदनों और शिकायतों पर सुनवाई आगामी पच्चीस और छब्बीस जुलाई को की जाएगी